केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और हरसिमरत कौर बादल ने सुल्तानपुर लोधी में श्री नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया

भारत ने कहा है कि करतारपुर साहिब जाने के लिए श्रद्वालुओं के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल डेरा बाबा नाक में करतारपुर साहिब के एकीकृत चैक पोस्ट का उदघाटन करेंगे इससे पहले श्री मोदी के सुल्तानपुर लोधी स्थित बेर साहिब गुरूद्वारे में माथा टेंकेगे और बाद में वह डेरा बाबा नानक में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे एकीकृत चेक पोस्ट से उदघाटन से भारतीय तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान गुरू द्वारा करतारपुर साहिब जाने में सुविधा होगी

इसी के साथ ही मंत्रिमंडल ने करतारपुर साहिब गलियारें के निर्माण और विकास कार्य को भी मंजूरी दी थी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसाण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और खाय प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज सुल्तानपुर लौधी में सिक्ख धर्म के संस्थापक श्री ग्रू नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उदघाटन किया उल्लेनीय है कि प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आऊटरीच ब्यूरों के ओर से किया गया है केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कल सुल्तानपुर लोधी में मल्टी मीडिया सेंटर के साथ एक नवीनतम रेलवे स्टेशन का उदघाटन भी किया सिक्ख विरासत को दर्शाती कल पर आधारित रेलवे स्टेशन के माध्यम से संगत पवित्र स्थल पहंचेगी

केन्द्रीय मंत्री ने श्री ग्रू नानक देव जी की शिक्षाओं और उनके जीवन पर आधारित एक प्रस्तक का विमोचन भी किया

भारत ने कहा है कि करतारपूर साहिब जाने वाले श्रद्वालुओं के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा विदेश मंत्रालय के प्रवक्त रवीश कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि श्रद्वालुओ को अपने साथ वे दस्तावेज़ ले जाने होंगे जिनका उल्लेख समझौता ज्ञापन में किया गया है करतारपुर साहिब गलियारे का उदघाटन कल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे जिसकी तैयारियों ज़ोरो पर है हमारे संवाददाता ने बताया है कि करतार पुर गलियारा भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब से जोड़ेगा दोनों देशों ने फैसला किया है कि प्रतिदिन पांच हजार श्रद्वालु करतारपुर साहिब जा सकते है

हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायधीश एस के मितल ने आज केनद्रीय कारागार अम्बाला का निरीक्षण कर बंदियों व कैदियों को दी जा रही सुविधाओं का जायज़ा लिया जेल अधीक्षक ने कैदियों को जेल में जा रही चिकित्सा सुविधा पेयजल व्यवस्था व खाने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं बारे जानकारी हासिल की उन्होंने बताया कि मानवाधिकार आयोग द्वारा कुरूक्षेत्र व गुरूग्राम जेलों का भी दौरा किया चुका है

खाय विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि धान की कुल आवक में से सरकारी एजेंसियों द्वारा पौने बासठ लाख टन से अधिक और मिलरों द्वारा सवा चार लाख धान की खरीद की गई है कुल आवक में से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने साढ़े तैंतीस लाख टन हैफेड ने उन्नीस लाख इक्तीस हजार टन से अधिक हरियाणा भंडारागर निगम ने आठ लाख इक्यानवे हजार टन और भारतीय खाद्य निगम ने केवल चार हजार चार सौ उन्तीस टन धान की खरीद की है अबतक जिला करनाल में सर्वाधिक पौने सत्रह लाख टन से अधिक कुरूक्षेत्र में ग्यारह लाख बयालिस हजार टन से अधिक धान की आवक हुई है प्रवक्ता ने बताया कि मंडियों में अब तक ाई लाख टन से अधिक बाजरे की आवक हो चुकी है जो सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा जा चुका है पश् विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष मेहरचंद गहलोत ने पलवल में प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हये कहा है कि सरकार की कृश्ल नीतियों के कारण ही हरियाणा राज्य पशुपालन में पहला स्थान बना है उन्होंने कहा कि पशु पालन विभाग ने पशुओं में लगने वाली गलघोंटू और मुंह खुर की बीमारी के टीके की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए शीतल टीका प्रणाली स्थापित की है श्री मेहर चंद गहलोत ने कहा कि मुंह खुर व गलघोंटू आदि रोगों के प्रभावी नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी और अन्य प्रदेशों के लिए भी प्ररेणास्त्रोत सिद्व होगी उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि कार्यो के साथ पशु पालन का कार्य भी करना चाहिए

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा के छोटे भाई धर्मेद्र हडडा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त् किया है शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के पगति हार्थिक संवदेना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की मामूल हो कि धर्मेद्र सिंह हडडा का कल पीजीआईएमएस रोहतक में निधन हो गया था और आज रोहतक मे ही उनका संस्कार किया गया है धर्मेद्र सिंह अपने परिवार के पीछे पत्नी पुत्र व एक पुत्री समेत परिवार छोड़ गये है इस अवसर पर हरियाणा के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा व पूर्व कांग्रेस महासचिव जर्नादन द्विवेदी ने अंतिम यात्रा के शिरकत की ओर संवदेना प्रकट की बिलासपुर के कपाल मोचन में पांच दिवसीय राज्य स्त्रीय मेला आज कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया मेले के मुख्य प्रशासक मुकुल कुमार ने इसका शुभारंभ किया उन्होंने यहां पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी उदघाटन किया बेटियों को लेकर कुआ पूजंन कार्यक्रम भी हुआ इस ऐतिहासिक मेले में सात लाख के करीब श्रद्वालूओं के आने की उम्मीद है

केवल रंगीन प्रिंट परीक्षा प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे इसके साथ ही महिला अभियार्थियों को मंगल सूत्र व सिक्ख अभ्यार्थी को धार्मिक चिन्ह के इलावा अन्य कोई भी गहना पहन कर परीक्षा केन्द्र में जाने की अनुमति नहीं होगी